परंत् ग्रीन और ऑरेंज श्रेणी में आने वाले कम जोखिम वाले जिलों में प्रयाप्त रियायतें दी जाएंगी गृहमंत्रालय ने कल नये दिशानिर्देश जारी किये जो रेड ग्रीन और ऑरेंज जोन में विभाजित जिलों के जोखिम के अन्सार लागू होंगे

परन्त् उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित रेड और ऑरेंज क्षेत्रों की सूची के वर्गीकरण में स्वयं कोई कमी नहीं कर पाएंगे रेड और ऑरेंज क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन या हॉटस्पॉट्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निर्धारित किये जाएंगे ऐसा करते समय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा अधिकारी यह स्निश्चित करेंगे कि कंटेनमेंट क्षेत्र में सभी लोग आरोग्य सेत् ऐप डाउनलोड करें देश में सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं अगले आदेश तक स्थगित रहेंगी सरकार ने कहा है कि कोरोना महामारी को देखते हुए उड़ानों का परिचालन बंद रहेगा इस फैसले में होने वाली किसी भी परिवर्तन की जानकारी लोगों समय रहते दी जाएगी ताकि वे सेवाएं बहाल होने पर अपने टिकट ब्क कर सके

म्ख्यमंत्री ने बताया कि इस कार्रवाई के लिए नोडल अधिकारियों की निय्क्ति पहले ही की जै च्की है जबकि गृह आय्क्त कालिंग तायेंग राज्य के म्ख्य नोडल अधिकारी के रुप में कार्य करेंगे श्री खांड् ने कहा कि बाहर से लोगो को चरणबद्व तरीके से लाया जाएगा और ग्रीण जोन वाले क्षेत्रों से आने वाले लोगो को पहली प्राथमिकता दी जाएगी मुख्यमंत्रियो ने सभी अधिकारियों विशेषकर जिला उपाय्क्तों से सभी जरुरी तैयारियां तत्काल पूरी कर लेने के निर्देश देते हए कहा कि इस मामले में असम की सीमा से लगे जिलों में क्वारेनटिन स्विधाओ का अधिकारी स्वंय जायजा लें ताकि वहां किसी तरह की कमी न हो चर्चा के दौरान म्ख्य मंत्री ने दूसरे राज्यो में फंसे अरुणाचल वासियों से आज आधी रात तक निर्देशों के अन्सार ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है मुख्यमंत्री ने हालांकि दोहराया कि संरक्षित क्षेत्र परमिट पीएपी और इनर लाइन परमिट आईएलपी जारी करने पर प्रतिबंध लागू रहेगा

वीडियों कांफ्रेंसिंग में अनेक विधायको के साथ साथ पूर्व म्ख्यमंत्री नाबम त्की ने भी अपने स्झाव रखे

राजधानी ईटानगर से राज्य के अलग अलग स्थानों जैसे खोंसा लॉगडिंग नामसाई मियायो तेजू सहित तेरह स्थानों के लिए विशेष बसे चलाई जा रही हा ताकि ईटानगर से लोग अपने गंतव्य स्थानों तक जा सके चार मई को चलाई जा रही इन बसों में ऑनलाइन टिकट ब्किंग की जा रही है परिवहण विभाग ने लोगो की स्विधा के लिए अपने निर्धारित फेसब्क पर जरुरत पड़ने पर जानकारी देने के लिए कहा है